पटना एम्स में कोरोना के वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू

प्रदेश के विभिन्न भागों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार इकतीस जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने पर आज फैसला ले सकती है राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को और व्यापक रूप दिये जाने की तैयारी की जा रही है ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके

वही शिवहर में आज से छह दिन तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगी पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने जिले के सभी नगर निकाय और प्रखंड मुख्यालय क्षेत्रों में कल से इक्कीस जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है फिलहाल पटना सहित प्रदेश के बाईस जिलों में लॉकडाउन लागू है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के एक हजार एक सौ सोलह नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर सत्रह हजार चार सौ इक्कीस हो गयी है सबसे अधिक पटना से दो सौ अट्ठाईस मामले सामने आये हैं बेगूसराय से उनासी भागलपुर से अठहत्तर मुजफ्फरपुर से छिहत्तर मुंगेर से अड़सठ गया से पैंसठ रोहतास से इकयावन और सीवान से पचास मामलों की प्रष्टि हुई है इसी तरह मधुबनी से इकतालीस पश्चिम चम्पारण से उनतालीस भोजपुर से तैंतीस समस्तीपुर से उनतीस कटिहार और जमुई से अट्ठाईस अट्ठाईस नालंदा से चौबीस गोपालगंज से बाईस और अरवल से बीस मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसके अलावा कैमूर से अठारह जहानाबाद और लखीसराय से सत्रह सत्रह सहरसा और पूर्वी चम्पारण से ग्यारह ग्यारह खगड़िया से नौ सारण पूर्णियां और किशनगंज से आठ आठ तथा नवादा और मधेपुरा से सात सात मामलों की पुष्टि हुई है राज्य के ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार कोरोना संक्रमित पाये गये हैं वे दो दिन पहले जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके लौटे थे मंत्री अपने आवास में क्वारेंटीन हो गये हैं ग्रामीण कार्य विभाग का एक सहायक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जदयू नेता अजय आलोक ने भी ट्वीट करके बताया कि उनकी पत्नी बेटी और बेटा तीनों कोरोना से संक्रमित हो गये हैं वहीं मुख्य सचिव सेल के पांच कर्मियों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है पीएमसीएच और गर्दनीबाग अस्पताल के डॉक्टरों समेत ग्यारह चिकित्सा कर्मी कोरोना से संक्रमित पाये गये हैं वहीं एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर समेत पन्द्रह लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनूसार पिछले चौबीस घंटों में चार सौ ग्यारह मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर बारह हजार तीन सौ चौंसठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर लगभग इकहत्तर प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटे के दौरान गया के एक डॉक्टर सहित राज्य में बारह लोगों की मृत्यु हुई है अब इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ तैंतालीस हो गयी है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि भारत कोविड उन्नीस संक्रमण के मामले में दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर स्थिति में है कोविड पर काबू पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं

आज का हालात जो है इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायस्त को डट के मुकाबला देने में चिकित्सकों का कहना है कि कोविड उन्नीस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए खांसते छिकते समय एहतियात बरतने की जरूरत है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने तथा उचित सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने को कहा है

जब हम खांसते छिकते हैं तो एक से दो मौटर तक यो जा सकती है

जो कांटेक्ट ट्रासमिशन की बात आई फाउमलिटी की तो उसके लिए हम कहतो है कि आप हाथ साफ करे हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वोयरस है यो सावन पानी के द्वारा निकलता रहेगा

पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोरोना का संभावित टीका को वैक्सीन का परीक्षण शुरू हो गया है पहले दिन राज्य के अलग अलग जिलों के दस लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया ये सभी लोग स्वेच्छा से परीक्षण में शामिल हुए पटना एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएमसिंह ने बताया कि इन लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है उन्होंने बताया कि पहली डोज के चौदह दिन बाद दूसरी डोज दी जायेगी वैक्सीन परीक्षण के लिए पांच सदस्सीय विशेषज्ञों की टीम गठित की गयी है वैक्सीन का ट्रायल पटना एम्स समेत देश भर के तेरह अलग अलग संस्थानों में किया जा रहा है प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में वैक्सिन बनने की प्रक्रिया को समझाया

तो पहली टैस्ट होती है सेफ्टी दूसरी टैस्ट होती है वैक्सीन में जब वैक्सीन को इंजैक्ट करते हैं तब क्या अपना शरीर उस वैक्सीन के इंजैक्शन से इम्यून रैस्पॉस चालू होती है कि नहीं तीसरी वैक्सीन सेफ हो और और इम्यून रैस्पॉस इम्यूनिटी देती हो तो क्या वो फील्ड में जब आप बाहर जाते हैं काम करने में या घर में हैं या ऑफिस में हैं अगर मान लीजिये वायरस आती है तो वैक्सीन लेने से वायरस से प्रोटैक्शन मिलती है और जब तक यह तीनों ठीक नही हैं तब तक हमारे देश में इंडियन काउन्सिल ऑफ मैडिकल रिसर्च जो बाकी एजेन्सी से पार्टनर कर रहे हैं तो वैक्सीन चालू नहीं करेंगे

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला अदालतों से अगले एक हफ्ते तक न्यायिक कार्य वीडियोकांफ्रेंस से करने के निर्देश दिये हैं रोहतास जिले में आज से इकतीस जुलाई तक अदालती कार्य बंद रहेंगे इसके साथ ही समाहरणालय को भी दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है वहीं पटना के महावीर आरोग्य संस्थान के आपातकालीन और ओपीडी सेवाएं आज से उन्नीस जुलाई तक बंद रहेगी नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र मं लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां उफान पर है जिसके कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो रही है कई जगह पर बांध और तटबंध टूटने से नीचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में लक्ष्मीपुर पंचायत के झंड् टोला स्थित एसएसबी कैम्प में चार फूट पानी जमा हो गया है इसके अलावा चार अन्य गांव भी जलमग्न हो गये हैं रामनगर प्रखंड के गुदगुदी में कटाव जारी है पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में तिलावे नदी का तटबंध टूट गया है जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है सीतामढ़ी जिले के चोरौथ पुपरी सुरसंड सोनबरसा परिहारी मेजरगंज सुपी बैरगनिया बेलसंड और रून्नीसैदपुर प्रखंड के निचले इलाकों के तीन दर्जन गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है रातो नदी का पानी सुरसंड के कड़रवाना कोरआही और कड़रवाना गोट में फैल गया है जिसके कारण दोनों गांवों से बथनाहा चौक जाने वाली एकमात्र सड़क पर बना डायवर्सन ध्वस्त हो गया चौरोथ प्रखंड में ड्मरवाना परिगामा पथ पर कई स्थानों के साथ ही चौरोथ भिट्टा मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग एक सौ चार पर ड्मरवाना डायवर्सन पर दो से तीन फूट पानी बह रहा है वहीं मधुबनी जिले के झंझारपुर में कमला नदी रेल सह सड़क पुल को छू रही है वहीं सहरसा के नौहट्टा महिषी और सलख्आ की पांच पंचायते बाढ़ की पानी से धिर गये हैं सुपौल किशनपुर सरायगढ़ निर्मली मरौना और बसंतपुर प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों बिरौल अनुमंडल के क्शवेश्वर स्थान पूर्वी घनश्यामपूर और किरतलपूर अंचल में लगातार अभियंताओं और पदाधिकारियों द्वारा भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है कुशेश्वर स्थान पूर्वी में बाढ़ प्रभावितों के लिए सामुदायिक रसोई की शुरूआत की गयी है इन क्षेत्रों में आवागमन के लिए निःशुल्क सरकारी नाव की व्यवस्था भी की गयी है मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में उफान से औराई कटरा गायघाट साहेबगंज और पारू के चार दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं शिवहर में बागमती नदी के बेलवा घाट पर टूटे सुरक्षा तटबंध की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण राज्य के कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कमला बलान बागमती ललबकैया महानंदा और घाघरा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है वहीं कई छोटियां नदियां भी उफान पर हैं कोसी का डिस्चार्ज थोड़ा घटा है लेकिन गंडक का डिस्चार्ज बढ़ गया है बागमती नदी पांच स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बह रही है जबकि पूर्वी चंपारण में लालबकैया और सीतामढ़ी में अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं इधर पटना के गांधी घांट में गंगा नदी के जलस्तर में सोलह सेंटीमीटर की बढोतरी दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि पूर्वी बिहार और इसके आस पास के इलाकों में चक्रवातीय हवा का क्षेत्र बना हुआ है इसके साथ ही मानसून की अक्षीय रेखा जमुई जिले से होकर गुजर रही है इससे उत्तर बिहार के सीतामढ़ी शिवहर सुपौल अररिया किशनगंज और दक्षिण बिहार के रोहतास भभुआ तथा औरंगाबाद में भारी बारिश हो सकती है विभाग ने इन इलाकों में वजपात की आशंका भी व्यक्त की है इधर मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि राज्य में अब तक सामान्य से छप्पन प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है हालांकि शेखपुरा जिले में सामान्य से चौंतीस फीसदी कम बारिश हुई है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सलाह दी है कि आकाशीय बिजली की चमक के दौरान घरों से बाहर होने की स्थिति में लोग पेड़ों के नीचे न रहें उन्होंने सलाह दी कि घरों या इमारतों में रहना सुरक्षित है परंतु टीन और धातु की छतों के नीचे आश्रय लेने से बचा जाए बिजली गिरने की संभावना के समय खुले में होने की स्थिति में लोगों को दुबक कर बैठ जाना चाहिए उन्हें उस समय लेटना नहीं चाहिए इस दौरान मोबाईल फोन का उपयोग करने से भी बचना चाहिए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 प्रभात खबर की सुर्खी है पूरे प्रदेश में पन्द्रह दिन तक लॉकडाउन करने की तैयारी आज होगा फैसला हिन्दुस्तान ने सीबीएसई बारहवीं परीक्षा के परिणाम की खबर को प्रकाशित करते हुए लिखा है पहले से सुधार फिर भी पीछे रहा बिहार दैनिक भास्कर ने जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री के पहले ऑनलाईन अप्वांईटमेंट लेने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण राजस्थान में चल रहे सियासी संकट पर लिखता है गेहलोत ने दिखाया दम पायलट भी अड़ें वहीं आज अखबार ने गूगल के भारत में पचहत्तर हजार करोड़ रूपये के निवेश की खबर को अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है

पटना एम्स में कोरोना के वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू